प्रतापगढ जिले के अरनोद छोटी सादडी धरियावद और पीपलखूट में रातभर रूकरूक कर हल्की वर्षा का दौर जारी रहा जालौर आहौर जसवंतपुरा भीनमाल और बागोंडा में भी हल्की वर्षा होने से किसानों में खेतों में बुवाई शुरू कर दी है उदयपुर में अच्छी वर्षा होने से फतेहसागर पिछोला और स्वरूप सागर में जलस्तर बढ़ गया है

पाली जिले के रायपुर जैतारण मारवाड और पाली में हुई तेज बारिश से तालाबों में पानी की आवक शुरू हो गई है माउंटआबू सहित पूरे सिरोही जिले में वर्षा का दौर जारी है भीलवाडा जिले में बदनोर मोकुन्दा और रायपुर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा रिकॉर्ड की गई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दो दिवसीय दौरे पर आज डूंगरपुर पहुंचेगी श्रीमती राजे वहां जनसंवाद और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी उनका कल काली बाई पेनोरमा के उद्घाटन समारोह में भाग लेने का कार्यक्रम है वे आसपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद भी करेंगी

विश्व यूवा कौशल दिवस के अवसर पर कल प्रदेशभर में कई कार्यकम आयोजित किये गये

उन्होंने कहा कि प्रदेश ने लगातार तीन बार कौशल विकास में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता है श्रीमती राजे ने कहा कि प्रदेश को इस साल सर्वश्रेष्ठ आईटी स्टेट चुना गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास को और गति देने के लिये बाडमेर जिले के पचपदरा में स्थापित हो रही रिफाइनरी में भी स्किल डवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर बनाया जायेगा युवा मामले और खेल राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड ने कहा है कि देशभर में दो से तीन करोड बच्चों की खेल प्रतिभा का पता लगाने के लिये केन्द सरकार जल्द ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू करेगी वे कल अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे

शिक्षा और पंचायतीराज राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने कल अजमेर जिले के भौपों का बाड़ा क्षेत्र में नई पाईप लाईन कार्य का शुभारंभ किया जिससे पेयजल व्यवस्था सुचारू होगी इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि अजमेर जिले के शहरी क्षेत्र में विभिन्न वार्डो में पुरानी पाईप लाईनों को बदलकर नई पाईपलाईनें बिछाई जा रही है

करौली जिले में आज से मिशन इन्द्रधनुष कार्यकम शुरू किया जा रहा है